इस मौके मुख्य समारोह राज्य स्तरीय समारोह सोलन जिले के कुनिहार में होगा जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ध्वजारोहण करेंगे और पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित एनसीसी की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण करेंगे व सलामी लेंगे समारोह में परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की झांकियां भी निकाली जाएगी

इस बीच पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में प्रदेशवासियों का आहवान किया है कि वे राज्य की प्रगति और समूद्धि के लिए अधिक समर्पण भाव से कार्य करे मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेश के विकास और खुशहाली की कामना की है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से आज सांय सात बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा इसके तुरंत बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही हिमपात हो रहा है वहीं जनजातीय ज़िलों किन्नौर और लाहौल स्पिति सहित चंबा व कुल्लू जिलों के उंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात का कम जारी है बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ हैं वहीं राज्य के निचले इलाकों में बर्षा होने का समाचार है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

मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है बर्फ की चादर पर कांपा हिमाचल जनजीवन बेहाल आपका फैसला की सुर्खी है ठंड से कांपा हिमाचल पांच ज़िलों में पारा शून्य से नीचे आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना पंजाब केसरी के शब्द हैं हैलीकॉप्टर के इंतजार में एक महिला मरीज की मौत एक की हालत गंभीर लोगों ने माइनस तापमान में धरने पर बैठने की दी चेतावनी आज कर्मचारियों को खुश करेंगे जयराम पूर्व सीएम वीरभद्र के विधानसभा क्षेत्र में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर एनपीएस कर्मियों की निगाहें जबकि हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सरकारी कर्मियों को डीए दे सकते हैं सीएम निगम व बोर्ड कर्मियों को पेंशन से इन्कार दैनिक जागरण की एक खबर है वहीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फोजियों को प्रोमोशन में दोहरा लाभ देने पर रोक हिमाचल सरकार ने लागू किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आय से अधिक संपति मामले पर दैनिक जागरण ने लिखा है वीरभद्र मामले से जज ने खुद को अलग किया जबकि दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार सीबीआईविवाद सुनवाई से हटे जस्टिस सीकरी अमर उजाला की एक खबर है बहादुर बच्चियों को वीरता पुरस्कार न मिलने पर एनजीओ से होगा जवाब तलब कल्लू की मुस्कान और सीमा को संस्था ने भेजा था वीरता प्रस्कार के लिए

वहीं आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को प्रयासरत

पीजी करने के बाद नौकरी छोड़कर गए डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सौ से ज्यादा डॉक्टरों पर चचेगा सिविल सूट प्रस्ताव तैयार कैबिनेट की मंजूरी दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय चलते ही जाना है में लिखा है आज पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहे हिमाचल ने जो पाया है वह भले ही आश्वस्त करता हो लेकिन संतुष्टि के लिए उसे विकास यात्रा पर उसे निरंतर बने रहना है